प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार पोषाहार और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देख रेख के पहल्ओं पर ध्यान केन्द्रित कर रही है

उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय तीन हजार रूपये से बढ़ाकर चार हजार रूपये कर दिया गया है इसी वर्ग में दो हजार दो सौ पचास रूपये का मासिक मानदेय पाने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर साढे तीन हजार कर दिया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय डेढ हजार से बढ़ाकर बाईस सौ रूपये कर दिया गया है आशा कार्यकर्ताओं भी प्रोत्साहन राशि दूनी करने की जानकारी देते हए श्री मोदी ने कहा कि सभी आशा वर्कर कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं हैल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत चार लाख रूपये की मुफ्त बीमा सुरक्षा दी जायेगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में शहरों और गांवो के सभी सामान्य परिवारों को बिजली के बिलों में लगभग पचास फीसदी तक राहत देने की घोषणा की है

उन्होंने कहा कि अगर कोई बहत ही गरीब परिवार केवल पचास यूनिट तक बिजली की खपत करता है तो उसे बिजली दो रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से दी जायेगी

हरियाणा विधानसभा का आखिरी दिन हंगामापुर्ण रहा शुन्य काल के दौरान विपक्ष ने कर्मचारियों कान्न व्यवसथा और खेल नीति का मुद्दा उठाया इनैलो विधायक परमिंदर ढ़ल विपक्ष के नेता अभय चोटाला निर्दलीय विधायक जय प्रकाश द्वारा खेल नीति की आलोचना और दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरियां जाने के अंदेशे जताये गये खेल मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि जो खिलाड़ी किसी अन्य राज्य या संघ शासित प्रदेश का नेतृत्व करेगा वह नौकरी का पात्र नहीं होगा

खेल प्रस्कार में कभी किये गये जाने के आरोप पर खेल मंत्री ने सभी तरह की प्रतियोगिताओं के प्रस्कारों में की गई वृदवि का ब्यौरा पढ़कर सुनाया जिसके बाद विधायक शांत हो गये उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने तो पिछली सरकार दवारा खिलाड़ियों के लिए घोषित प्रस्कार राशि अदी की है विपक्ष दवारा खिलाडियों को एयरपोर्ट से सम्मान पूर्वक लाने के लिए न जाने का मुद्दा उठाने पर खेल मंत्री ने कहा कि इसके लिये बकायदा विभागीय अधिकारियों की डयूटी लगाई गई थी और किसी खिलाड़ियों को स्म्मान प्र्वक लाया गया अब उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जायेगा आज विधानसभा को करण दलाल द्वारा प्रदेश को कंलकित कहे जाने के मुद्दे पर नोक झोक और सदन की कार्रवाड्र में पड़ी बाधा को दुर करने के लिए अध्यक्ष को चार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी आज की दूसरी बैठक के दौरान कांग्रेस विधायकों दवारा दलाल का निलंवत वापस लिये जाने की मांग और इसे नियमों के विरूद्व बताने पर अध्यक्ष ने पूर्न विचार के बाद निलंबन का फैसला बरकरार रखा और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक वाकआऊट रखा समाचार लिखे जाने तक विधानसभा की कार्रवाई जारी थी आज की द्रसरी बैठक के समापन के बाद सदन आगामी सत्र तक स्थगित कर दिया जायेगा हरियाणा विधानसभा में आज विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला और विधायक करण सिंह दलाल के व्यवहार को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने प्रस्ताव रखा जो घ्वनिमत से पारित हो गया

उन्होंने कहा कि क्यूंकि इस जनगणना का डाटा आधार से लिंक नहीं है इसलिये रह गये सही परिवारों का पता लगाना संभव नहीं है

मंत्री ने बताया कि सरकार ने एक लाख छप्पन हजार लोगों को राज्य बजट से गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाये है

कांग्रेस विधायक करन दलाल को अन्चित व्यवहार और हरियाणा को कलंकित प्रदेश कहने के आरोप में विधानसभा से एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया है इसके लिए वित्त मंत्री कैपटन अभिमन्य् ने सदन में प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल ग्र्जर ने करण दलाल को सदन से निलंबित करने का फैसला सुनाया इससे पहले कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने करण दलाल दवारा हरियाणा को कलंकित प्रदेश कहने पर विरोध जताते हए कहा कि यह हरियाणा के वीरों मातृ भूमि और हरियाणावासियों का अपमान है उन्होंने दलाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हडा को स्पष्ट करने को कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी विधायक की बात से सहमत है

भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई विधायकों ने भी कार्रवाई की मांग की कैप्टन अभिमन्य् ने कहा कि यह डिसऑर्डर के इलावा हरियाणा के गौरव और अस्मिता का प्रश्न है कारवाई होनी चाहिए विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने भी करण दलाल के खिलाफ कार्रवाई किये जाने का समर्थन किया बाद में प्रस्ताव पारित किया गया हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत मे सदन की मर्यादा की उल्लंघना करने की कड़ी निंदा की और कहा कि सदन की मर्यादा बनाये रखना हर जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है

जिसका प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थो मे किया जायेगा आज हरियाणा विधानसभा में यह जानकारी देते हए म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इसी कड़ी में गत दिवस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ राज्य सरकार ने एक समझौता किया है